मुख्यमंत्री ने कहा नदियों के संरक्षण में आम लोगों की सहभागिता महत्वपूर्ण

लोगों ने शिव मंदिरों में की पूजा अर्चना पौधरोपण हरेला पर्व के मौके पर आज अल्मोड़ा की कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से डेढ़ लाख से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया एक घण्टे के भीतर चलाए गए इस अभियान को आम जनसहभागिता से सम्पन्न किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान आम लोगों की सहभागिता से ही पूरा हो सकेगा प्रदेश में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान का जिक्र करते हुए श्री रावत ने कहा कि राज्य की नदियों के संरक्षण के लिए उनकी सफाई और लगाए गए पौधों की पांच साल तक देखभाल करनी होगी इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के काटली पच्चीसी मोटर मार्ग के डामरीकरण करने की घोषणा भी की

नुकसान चमोली जिले के थराली और घाट क्षेत्रों में कल देर रात बादल फटने से आम जन जीवन प्रभावित हुआ है हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है जिला आपदा परिचालन केंद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना में पांच भवनों को नुकसान पहुंचा है जबकि दर्जन भर से ज्यादा दुकानें और वाहनों के बहने की सूचना है आपदा के दौरान प्राभावित हुए लोगों तक शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए मौके पर जिला प्रशासन की टीमें तैनात हैं घटना स्थलों पर प्रशासन पुलिस एसडीआरएफ और आपदा प्रबन्धन की टीमें तथा स्थानीय लोग राहत कार्यो में जुटे हैं संबोधन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश की जनता का आहवान किया है कि अधिक से अधिक लोग सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठांए अल्मोड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम लोगों के हित में अनेक योजनांए लागू की हैं

उन्होंने बताया कि इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा इस दौरान उन्होंने आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी भी दी यक्षवती प्नर्जीवीकरण पिथौरागढ़ स्थित यक्षवती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नदी से जुड़े नौ गांवों में आज वृक्षारोपण अभियान चलाया गया साथ ही पिछले साल लगाए गए पौधों की गुड़ाई निराई का काम भी किया गया पौधरोपण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही संबंधित गांवों के ग्राम प्रधान वन पंचायत के कार्मिकों सरपंच और स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि यक्षवती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पिछले कुछ सालों से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है उन्होंने स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे आज लगाए गए पौधों को बचाए रखने के लिए अपना योगदान दें मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आज बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई है पिछले कुछ दिनों से राज्य में रूक रूककर बारिश हो रही है जिसके चलते प्रदेशभर में मौसम सुहावना बना हुआ है देहरादून हरिद्वार चमोली बागेश्वर और अल्मोड़ा से आज हल्की से मध्यम बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई है

प्रतिबद्धता अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि केन्द्र सरकार समुचित विकास की प्रतिबद्धता के साथ समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है श्री नकवी ने आज सुबह नई दिल्ली में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सम्मान के साथ शक्ति प्रदान करने में विश्वास रखती है उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के कारण लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है श्री नकवी ने कहा कि उनका मंत्रालय शिक्षा रोजगार और सशक्तिकरण के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रहा है

उद्यान विभाग की ओर से देहरादून के किसान भवन में आयोजित राष्ट्रीय मैंगो फेस्टीवल में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की हुई हैं कृषि उपज में सुधार लाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अभी उत्पादन के लिहाज से राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है श्री उनियाल ने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए उन्हें शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं मैंगो फेस्टीवल में राज्यभर में होने वाली आम की विभिन्न प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई गई इस दौरान विभिन्न जिलों से पहुंचे किसानों ने अपने अनुभवों को भी साझा किया

इस अवसर पर प्रदेशभर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही बम बम भोले के जयकारों के साथ भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर खुशहाली की कामना की उत्तरकाशी में सुबह से ही बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर और अन्य मन्दिरों में श्रद्वालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली पहले सोमवार को लोगों ने बाबा काशी विश्वनाथ का रूद्राभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की

बैठक खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने राज्य में खेलों में आ रही समस्याओं की सुनवाई के लिये टोल फ्री नम्बर तैयार करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने खेलों के विकास और युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के मद्देनजर खेल संघों के पदाधिकारियों के साथ आज देहरादून में बैठक की श्री पाण्डेय ने बेसबॉल के प्रशिक्षण के लिये सुद्धोवाला क्षेत्र में संघ की मांग पर पांच एकड़ की भूमि तलाश करने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि यात्रा को सफल एवं सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को पहले ही निर्देश जारी किये गये हैं

इस मौके पर कुमाऊं क्षेत्र की स्कूलों के विद्यार्थियों ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया